चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमापात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से ठण्ड का असर बढ़ा

चुनाव सरगर्मी लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बैठकें कर चुनाव संबंधी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए चंबा में ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हरीकेश मीणा की अध्यक्षता में आज विभिन्न नोडल अधिकारियों की बैठक हई इस दौरान अधिकारियों को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश देने के अलावा इनका पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया

उधर ऊना जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि मतदाताओं के घर पहुंचने वाली मतदाता स्लीप इस बार पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगी

ज़िला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने आज कल्लू में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हए बताया कि सभी छटे हए मतदाता अभी भी अपना पहचान पत्र बना सकते हैं उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव के दौरान ईवीएम में गडबडी के आरोपों के चलते हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट उपलब्ध करवाने कई आदेश दिए हैं इससे मतदाताओं को उनकी ओर से दिए गए वोट की जानकारी मिलेगी इसके अलावा ईवीएम की कई स्तरीय सुरक्षा होगी और सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी चनाव आयोग द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी आयोग ने कई छोटे राज्यों में पहली बार मतदान एक से ज्यादा चरणों में करवाने का फैसला लिया है पदम ् पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली रिथित राष्ट्रपति भवन में एक सादे मगर गरिमामय समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम परस्कार प्रदान किए

इनमें हिमाचल से भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अजय ठाकुर को भी पदमश्री पुरस्कार से नवाजा गया

बाकी लोगों को इस महीने होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की उन्होंने माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना कर जलेब में भाग लिया बारिश के बावजुद भव्य जलेब में बडी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि मेलों और त्यौहारों का आयोजन केवल औपचारिकता के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इनके माध्यम से परम्पराओं के संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए आचार्य देवव्रत ने कहा कि भगवान का स्वरूप एक है लेकिन उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है उन्होंने धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले आतंकवाद को दर्भाग्यपूर्ण बताते हए कहा कि धर्म का संदेश मानवता की सेवा करना है आचार्य देवव्रत ने प्रदेश की समुद्ध संस्कृति के संरक्षण और नशे से दूर रहने का युवाओं से आहवान किया राज्यपाल ने मेले के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए कोर मिटिंग प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक इस समय सोलन ज़िला के बददी में चल रही है बैठक में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा सभी संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी और सांसद भाग ले रहे हैं समझा जाता है कि इस दो दिवसीय बैठक में चारों संसदीय क्षेत्रों को संभावित प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय समिति को भेजा जाएगा बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता के बीच जाएगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है और लोग इससे भलीभांति परिचित हैं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में पार्टी को लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा और चारों सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी आचार संहिता लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है इस दौरान मुख्यमंत्री सहित मंत्री या विधायक कोई घोषणा शिलान्यास व लोकार्पण नहीं कर सकेंगे चुनाव आयोग के अनुसार आचार संहिता के दौरान सरकारी गाड़ी और सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक रहेगी और सरकारी खर्च पर ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिसे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो इसके अलावा इस दौरान कैबिनेट की बैठक नहीं होगी और तबादले व तैनाती को लेकर आयोग की अनुमति लेना जरूरी रहेगा हालांकि यदि कोई योजना या कार्यक्रम चुनाव की घोषणा से पहले लागू है तो उस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों को दर्शाते बोर्ड बैनर और पोस्टर भी हटा दिए गए हैं आचार संहिता के चलते प्रदेश में अब रैली व होर्डिंगस लगाने के लिए पार्टी नेताओं को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी बिना शुल्क के प्रदेश में कोई भी होर्डिंगस नहीं लगाया जा सकता है किन्नौर जिले में कल्पा के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि ज़िले में सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर जनता के साथ वायदे पूरे न करने के आरोप लगाए हैं

राठौर ने उड़ी और पुलवामा जैसी घटनाओं का जिक करते हुए देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है इसी कड़ी में वे कल राजीव भवन से सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए जनचेतना यात्रा को रवाना करेंगे मौसम प्रदेश में मौसम ने आज फिर करवट ली है और बाद दोपहर से ऊंचाई वालों इलाकों में रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो रही है लाहौल स्पिति ज़िले में खराब मौसम और बर्फबारी से लोगों की मुश्किले बढ़ गई हैं हिमपात के कारण घाटी की सभी मुख्य सड़कें अवरूद्व हैं और हैलीकॉप्टर उड़ाने न होने से लोगों खासतौर पर मरीजों को परेशानी हो रही है

कुल्लू ज़िले में बारिश व हिमपात को देखते हए जिला प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन वाले स्थानों व ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की है किन्नौर व चंबा ज़िलों की ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश से ठण्ड का असर बढ़ गया है पर्यटन स्थल कुफरी व नारकंडा में हल्का हिमपात जबकि शिमला व इसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई निचले ज़िलों में विभिन्न स्थानों पर रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा व हिमपात जबकि मध्यवर्ती व निचले इलाकों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है